राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को सायं सात बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे इस अवसर पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष संवैधानिक पदाधिकारी और राजनयिक भी उपस्थित रहेंगे भारत ने पड़ोसी देशों को वरीयता देने की सरकार की नीति के मद्देनजर बिम्स्टेक देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है बांगलादेश श्रीलंका किर्गिज गणराज्य और म्यांमा के राष्ट्रपति तथा मॉरिशस नेपाल भूटान के प्रधानमंत्री और थाइलैंड के विशेष दूत इस समारोह में उपस्थित रहेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे

अमित शाह केन्द्र में नई सरकार के गठन से पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की समझा जाता है कि दोनों नेताओं के बीच नई मंत्रिपरिषद के आकार और स्वरूप को लेकर चर्चा हई चर्चा है कि इस मंत्रिमंडल में शामिल किये जाने वाले सदस्यों में मध्यप्रदेश से नरेन्द्र सिंह तोमर थावरचंद गेहलोत प्रहलाद पटेल फग्गन सिंह कुलस्ते राकेश सिंह के अलावा नये चेहरों के भी नाम हो सकते हैं

उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में टेलीविजन संचालकों से अपील की है कि एक महिने वे कांग्रेस प्रवक्ताओं को किसी भी चर्चा में शामिल ना करें धार में तनाव धार जिले के बदनावर में कल रात दो गूटों के बीच हुए विवाद के बाद हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं पुलिस बल तैनात है कल रात को दो वर्गो में हुए विवाद के बाद उपद्रवी लोगों ने पथराव कर कई दुकानों में आग लगा दी थी इस आगजनी और पथराव में कई लोगों को चोंटे आई हैं बदनावर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है

इस बजट में आय बढ़ाने के लिये निगम की जमीनों पर रहवासी भवन और व्यावसायिक इमारतें बनाने की बात कही गई है तालबों के संरक्षण और विकास कार्यो पर पांच करोड़ रूपये खर्च किये जाएंगे अमरनाथ यात्रा एक जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिये ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा शुरू हो गई है

इनमें से ढ़ाई सौ यात्री पहलगाम और ढ़ाई सौ यात्री बालतल मार्ग से यात्रा पर जा सकेंगे

इस संबंध में विस्तृत जानकारी श्री अमरनाथ जी श्राइन डॉट कॉम से ली जा सकती है

इस कार्यशाला में तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों से आम जनों को अवगत कराया जाएगा

यह रैली महामाया चौक से निकलकर जिला चिकित्सालय तक जाएगी